मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस संबंध में आज केन्द्र और सभी राज्यों को कई निर्देश दिए

भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार किये गये कर्नल राज्यवर्धन के रथ को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी ने प्रदेश कार्यालय से आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया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

गौरव यात्रा को सफल बनाने और केन्द्र तथा राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सांसद उप यात्रा का आयोजन किया जा रहा है मुख्यमन्त्री वसुन्धरा राजे गौरव यात्रा के तहत आज हाडौती संभाग में पहुंची

इसके बाद उन्होंने कोटा जिले की रामगंजमंडी में जन सभा में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश दूसरे नम्बर पर है उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के तहत बालिकाओं के विकास पर जोर दिया राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने अब तक राज्य को विर्शेष दर्जा नहीं दिलवाया है

श्री शेखावत ने आज जयपूर में एमएसएमई दिवस का लोगो जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में उद्योगों का संवर्द्वन और प्रोत्साहन राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है रोजगार के सर्वाधिक अवसर एमएसएमई सैक्टर में ही विकसित होते हैं

दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विभिन्न विभागों मंत्रालयों और कार्यालयों के प्रमुखों को हिंदी को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किए समारोह को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि सबको अपनी मातृभाषा से प्रेम होना चाहिए

राज्य स्तरीय समारोह जयपूर के जवाहर कला केन्द्र में आयोजित किया गया समारोह को सम्बोधित करते हुए शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि हिन्दी देश को जोड़ने वाली भाषा है इस भाषा को संरक्षण की ही नहीं बल्कि जन जन तक पहुंचाने और विश्व की सम्पर्क भाषा बनाने की जरूरत है उन्होंने हिन्दी के जरिये विश्वभर में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किये जाने पर जोर दिया

इस मौके पर केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रकाशित वृहत हिन्दी शब्दकोष का भी लोकार्पण किया गया

इस स्टूडियो के जरिए राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के सभी आईसीटी लैब वाले विद्यालयों के कक्षा कक्षों को वर्चअल कक्षाओं से जोड़ा जा सकेगा इसके साथ ही अब शिक्षा संकृल से ही विद्यालयों तथा शिक्षा विभागीय कार्यालयों के शिक्षक अधिकारीगण परस्पर प्रसारण के माध्यम से संवाद कर सकेंगे इस अवसर पर श्री देवनानी ने कहा कि ई स्टूडियो राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा उन्होंने बताया कि स्टूडियो के जरिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यसामग्री भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन उपलब्ध करायी जा सकेगी

इस अवसर पर दिल्ली में दूरदर्शन के मुख्यालय में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रसार भारती दूरदर्शन और आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारी इस मौके पर उपस्थित थे सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कार्यक्रम में कहा कि दूरदर्शन ने देश भर में लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद की है प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने कहा कि दूरदर्शन देश की विकास यात्रा का एक अंग है उन्होंने कहा कि सबसे अनुभवी लोगों ने दूरदर्शन को आगे बढ़ाने में योगदान किया है और उनकी वजह से इस संगठन ने नई ऊंचाइयों को छूआ है